मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प है

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिये एक एजेंसी का गठन करने के निर्देश दिये है वह आज लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे मूख्यमंत्री ने सभी सरकारो कार्यालयों में कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाये

सम्मेलन में व्यापार सहित कई क्षेत्रा में सहयोग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली के बारे में विचार किया जा रहा है विश्व सप्लाई चेन में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है इस पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन में शीर्ष स्तर के राजनीतिज्ञ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व्यापार जगत से जुड़े व्यक्ति विशेष भाग ले रहे हैं इस शिखर सम्मेलन का विषय है यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चलेंजेज इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनने में भारत की संभावनाएं भारत के गैस बाजार में अवसर भारत में एफडीआई आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार अमरीका भारत सामरिक साझेदारी फोरम यूएसआईएफसीएफ एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमरीका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव ससाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी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

शेष कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राम होम की अनुमति के संबंध में विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये उन्होंने सभी कर्मचारियों की समयशीलता और उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये अधिकारियों को कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये हर कार्यालय में कोरोना हेल्प डेस्क के साथ थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये

प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत एक अक्टूबर से होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह शिविर अगले साल मार्च तक चलते रहगे इन खेल प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा इसके साथ पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा सामान्य तौर पर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर अप्रैल से शुरू होकर जनवरी तक आयोजित होते थे लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष यह आयोजन नहीं हो सके प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा कि इसलिए खेल प्रशिक्षण शिविरों के कैलेंडर को मार्च तक बढ़ा दिया गया है ताकि न केवल खिलाड़ियों को अतिरिक्त समय मिल सके बल्कि प्रशिक्षकों को भी पर्याप्त समय और भत्ता हासिल हो सके खेल मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मौजूद अखाड़ों और व्यायाम शालाओं का पुनरूद्वार कर रही है और शहरी और ग्रामीण इलाकों में मौजूद स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के दर्जे में बढ़ोतरी कर रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर क्षेत्र आर परिसर की रूप रेखा और नक्शे के शुल्क का भुगतान कर दिया है

श्री कटियार ने बताया ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत हैं क्योंकि मूंग की दाल में आपको मालूम है कि विटामिन सबसे ज्यादा होते है साथ ही साथ इसमें अमिनो एसिट्स बहुत ज्यादा होते है इसकी खासियत है कि अगर मूंग की दल अगर हमारे भोजन में होगा तो निश्चित है कि हमारी जो कोरोना काल में जो कहते है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने को लिये ये सबसे अच्छा प्रकृति का एक सबसे बड़ा स्रोत है

इससे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा होगी यह कदम भारतीय साइबर क्षेत्र की सुरक्षा संरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है